कांग्रेस की ओर से आज भरतपुर के पहाडी में किसान सम्मेलन वहीं अलवर के किशनगढबास क्षेत्र में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक जनता दल के नेता शरद यादव की सभा

इसके तहत आम नागरिको के लिए अन्तिम रूप से प्रकाशित मतदाता सूची का प्रदर्शन किया गया

नागौर जिले में सरकारी योजनाओं मतदाताओं को प्रभावित करने वाले विज्ञापनों और होर्डिंग्स को तत्काल प्रभाव से हटाने का काम शुरू किया गया है सरकारी कार्यालयों में भी बैनर पोस्टर हटाए गए हैं झालावाड में सरकारी योजनाओं के बेनर पोस्टर कल रात ही हटा दिये गये वहीं नागौर में जिला निर्वाचन अधिकारी ने अधिकारियों की बैठक लेकर आचार संहिता की पालना को लेकर निर्देश दिये सवाईमाधोपुर में भी जिला निर्वाचन अधिकारी ने बैठक लेकर चुनाव सुचारू संपन्न करवाने के लिए विभिन्न टीमों को गठन किया विधानसभा चुनाव के मददेनजर हनुमानगढ़ जिले में पुलिस थानों में हथियार जमा नहीं कराने वाले लोगों के लाइसेंस निलंबित किये जायेंगे

भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और पार्टी के राजस्थान प्रभारी अविनाश राय खन्ना ने कहा है कि विधानसभा चुनाव में पार्टी मजबूत प्रत्याशी को ही टिकट देगी श्री खन्ना ने आज पुष्कर में पत्रकारों से बातचीत में कहा कि प्रदेश में फिर भाजपा की सरकार बनेगी

सम्मेलन को संबोधित करते हुए पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सचिन पायलट ने कहा कि सरकार ने किसानों के लिये पांच साल में कुछ नहीं किया है

श्री यादव ने आज अलवर जिले के किशनगढबास क्षेत्र में बीबीरानी में एक जनसभा में कहा कि देश में किसानों के हित में कोई काम नहीं किया गया

श्री यादव ने कहा कि देश में किसान कर्ज में डूबा हुआ है लेकिन उनका कर्ज माफ नहीं किया गया है सभा को पूर्व सांसद तारिक अनवर ने भी संबोधित किया

सातवे वेतनमान सहित अन्य मांगों को लेकर कई दिनों से हड़ताल कर रहे रोडवेज कर्मियों ने कल रात संयुक्त मोर्चे की बैठक के बाद हड़ताल समाप्त कर दी इसके साथ ही बसों का संचालन शुरू हो गया है और लोगों को राहत मिली है

थानाधिकारी और कांस्टेबल एक सुचना पर बदमाशों का पीछा कर रहे थे

परीक्षा के मद्देनजर कई जिलों में नकल रोकने के प्रयासों के तहत इंटरनेट सेवाए बंद कर दी गई

पाली जेल में जांच की लिए पहची मेडिकल टीम के साथ एक कैदी और उसके साथियों ने मारपीट की सूचना के बाद पुलिस और ेअधिकारी मौके पर पहुंच गये नागौर जिले के मकराना में रेल यात्रियों की सुरक्षा और रेलवे स्टेशन की साफ सफाई के संबंध में मकराना विकास मिति की बैठक आयोजित की गई

भरतपुर के कामा कस्बे में आज ट्रैक्टर और मोटरसाइकिल की टक्कर में एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई तो वहीं दो बच्चे गंभीर रूप से घायल हो गए

सप्ताह के अंतर्गत आज विशेष योग्यजन दिवस मनाया गया इस अवसर पर सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की ओर से आयोजित कार्यक्रम में विशेष योग्यजनों को कृत्रिम अंग तथा उपकरण आदि वितरित किए गए आज ही वन्य जीव सप्ताह भी संपन्न हुआ